सांसद वीरेंद्र कश्यप ने कालका व हरिद्वार के बीच सीधी रेल सेवा शुरू करने का केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल से किया आग्रह ट्रक ऑप्रेटर्स की राष्ट्रव्यापी हड़ताल को देखते हुए उद्यान विभाग ने बागवानों को सेब तुड़ान विलम्ब से करने की दी सलाह और मॉनसून के सक्रिय होने पर चार जिलों में भारी वर्षा सिरमौर की गिरि नदी में फंसे आठ लोगों सहित मवेशियों को सुरक्षित निकाला मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज रोहतांग टनल परियोजना की प्रगति का जायजा लिया उन्होंने कुल्लू जिले के धुंधी से रोहतांग सुरंग होते हुए लाहौल स्पीति के सिस्सू में प्रवेश किया बाद में सिस्सु में एक जनसभा में उन्होंने बताया कि रोहतांग टनल के निरीक्षण के लिए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का दौरा खराब मौसम के कारण नहीं हो पाया जयराम ठाकुर ने कहा कि लाहौल स्पीति के लोगों के लिए रोहतांग टनल एक सपना था और इसका निर्माण शुरू करने में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का सबसे अधिक योगदान रहा है इस टनल के बनने से लाहौल घाटी पूरे साल दुनिया से जुड़ी रहेगी और विकास के मामले में नई क्रांति आएगी मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार रोहतांग सड़क पर लेह तक तीन और सुरंगों बारालाचा लांचूगला और तांगलंगला का निर्माण करने पर विचार कर रही है जिससे सामरिक महत्व के इस मार्ग की सौ किलोमीटर की दूरी कम होगी जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार के सात महीने के कार्यकाल में केंद्र सरकार को जितनी भी परियोजनाएं भेजी गई सभी को स्वीकृति मिली है मुख्यंमत्री ने कहा कि इस छोटी सी अवधि में केंद्र सरकार से छः हजार करोड़ रुपए हिमाचल को विकास के लिए मिले हैं जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है मुख्यमंत्री ने कहा कि जनजातीय क्षेत्रों का विकास करना सरकार की प्राथमिकता है इस मौके कृषि मंत्री रामलाल मारकंडा और सांसद रामस्वरूप शर्मा ने भी अपने विचार व्यक्त किए कार्यक्रम में वन मंत्री गोविंद ठाकुर सहित अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे इससे पहले मुख्यमंत्री ने मनाली स्थित बर्फ व ग्लेशियर अध्ययन संस्थान सासे का भी दौरा किया देवव्रत राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने कहा है कि आर्य समाज मजबूत नैतिक मुल्यों और शांति पूर्ण व सकारात्मक जीवन को प्रोत्साहित करता है अमेरिका में आर्य महाधिवेशन को संबोधित करते हुए उन्होने कहा कि भारतीय सभ्यता दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यता है आचार्य देवव्रत ने कहा कि स्वामी दयानन्द सरस्वती ने सामाजिक कुरीतियों को दूर करने को लिए आर्य समाज की स्थापना की थी उन्होंने महासम्मेलन आयोजित करने के लिए अमेरिका आर्य प्रतिनिधि सभा की सराहना की वीरेन्द्र कश्यप सांसद वीरेंद्र कश्यप ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल से भेंट की उन्होंने कहा कि प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों सहित विभिन्न भागों से यात्री हरिद्वार जाते है और रेल सेवा न होने से उन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ता है वीरेंद्र कश्यप ने केंद्रीय मंत्री से कालका व हरिद्वार के बीच सीधी रेल सेवा शुरू करने का आग्रह किया ताकि यात्रियों को इसका लाभ मिल सकें सांसद ने कहा कि इस रेल सेवा के शुरू होने से उत्तराखण्ड और हिमाचल दोंनो राज्यों के बीच पर्यटन गतिविधियां बढेंगी और धार्मिक पर्यटन को भी विशेष बल मिलेगा

वित्त मंत्रालय ने कल एक बयान में कहा कि इससे उन करदाताओं को राहत मिलेगी जो अभी तक अपना आयकर रिटर्न जमा नहीं कर पाये

सेब तुडान ट्रक ऑप्रेटर्स की राष्ट्र व्यापी हड़ताल के चलते राज्य उद्यान विभाग ने बागवानों से सेब तुड़ान के कार्य में जल्दबाजी न करने की अपील की है विमाग के एक प्रवक्ता ने आज शिमला में बताया कि सेब बागवानों को सलाह दी गई है कि तुड़ान के कार्य के लिए हालात सामान्य होने की प्रतीक्षा करें सुक्खविंद्र इधर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ठाकुर सुक्खविंद्र सिंह ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को पत्र लिखकर ट्रक ऑपरेटरों की हड़ताल जल्द खत्म करवाने की मांग की है शिमला से जारी एक ब्यान में उन्होंने कहा है कि सेब सीजन पर हड़ताल का विपरीत प्रभाव पड़ रहा है और सेब की तैयार फसल को मंडियों तक पहुंचाने के लिए ट्रक ही उपलब्ध नहीं है उन्होंने कहा कि अगर हड़ताल जल्द खत्म नहीं हुई तो बागवानों का करोड़ों रुपये का सेब खराब हो जाएगा और प्रदेश की अर्थव्यवस्था भी प्रभावित होगी ठाकुर सुक्खविंद्र सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री को ट्रक ऑपरेटरों की हड़ताल के संबंध में केंद्र सरकार से बात कर समस्या का समाधान निकालना चाहिए

इस मौके राष्ट्रवासियों ने पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर ए पी जे अब्दल कलाम को याद किया उपराष्ट्रपति एम वेंकैयानायडु ने अपने ट्वीट संदेश में कहा कि श्री कलाम भारत के महान सपूत थे

वे लोगों के राष्ट्रपति और भारत के मिसाइल मैन के नाम से लोकप्रिय थे

आकाशवाणी और द्रदर्शन के समूचे नेटवर्क पर इसका प्रसारण किया जायेगा

मौसम प्रदेश में मॉनसून पूरी तरह सक्रिय बना हुआ है और अधिकांश क्षेत्रों में रुक रुक कर जोरदार वर्षा हो रही है

इस वर्षा से सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ है और न्यूनतम तापमान में एक से दो व अधिकतम तापमान में चार से पांच डिग्री सेल्सियस तक की कमी आई है

नाहन से हमारे प्रतिनिधि ने बताया कि सालवाला पंचायत के चार और घुमतू गुज्जर समुदाय के चार अन्य लोग गिरि नदी के तट पर बांगरन पुल के समीप बकरियां चराने गए थे कुल्लू जिले में लगातार हो रही वर्षा के बाद नदी नाले उफान पर हैं और ब्यास नदी का जलस्तर बढ़ने से भुंतर में प्रवासियों की झुग्गियां जलमग्न हो गई हैं उपायुक्त युनूस ने जिले में भारी बारिश की संभावना को देखते हुए अलर्ट जारी करते हुए लोगों को नदी नालों से दूर रहने की सलाह दी है राजधानी शिमला व आसपास के इलाकों में भी दिन भर रुक रुक कर वर्षा होती रही

पुल बहाल उधर चम्बा जिले में पिछले दिनों भारी वर्षा व बादल फटने से धरवास नाले पर क्षतिग्रस्त हुए पुल को सीमा सड़क संगठन ने आज वाहनों की आवाजाही के लिए बहाल कर दिया गया है पांगी के आवासीय आयुक्त चमन लाल शर्मा ने बताया कि पुल के बहाल होने से पांगी घाटी की तीन पंचायतें किलाड़ मुख्यालय से जुड़ गई हैं जिससे लोगों ने राहत की सांस ली है चंद्र ग्रहण आज पूर्ण चन्द्रग्रहण होगा और यह इस शताब्दी का सबसे लंबी अवधि का ग्रहण होगा

इसे बादल न होने की स्थिति में पूरे देश में देखा जा सकेगा

कांग्रेस बैठक लोक सभा चुनाव को लेकर आज चम्बा में कांग्रेस पार्टी की एक विशेष बैठक हुई जिसमें जिले के पांचों निर्वाचन क्षेत्रों के कांग्रेस उम्मीदवारों ने भाग लिया जिला कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने बताया कि आगामी लोक सभा चुनाव के लिए पार्टी तैयार है और इस बार चारों संसदीय सीटों पर कांग्रेस के प्रत्याशी काबिज होंगे बैठक में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की स्थाई सदस्य और डलहौजी की विघायक आशा कुमारी भी मौजूद रहीं